प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोडकर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जनता कर्फयू यानि जनता के लिये जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फयू

इस जनता कर्फयू के दर्मियान कोई भी नागरिक घरो से बाहर ना निकले ना सड़क पे जाये ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकट्टे हों अपने घरों में ही रहें

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया श्री मोदी ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में जरूरत से अधिक खरीदारी नहीं करने की अपील की उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम के लिए संकल्प और संयम अनिवार्य है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर एक शुन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच जिला स्तर पर भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किये गये हैं कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए इन नम्बरों पर सम्पर्क कर सकता है गोखपुर जिले के कन्ट्रोल रूम का नम्बर है शून्य पांच पांच एक दो दो शून्य पांच एक चार पांच गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के मोबाइल नम्बर आठ शून्य शून्य पांच एक नौ दो छः छः शून्य पर भी संपर्क किया जा सकता है देवरिया कन्ट्रोल रूम का नम्बर है शन्य पांच पांच छः आठ दो दो सात चार नौ देवरिया के मुख्य विकित्साधिकारी के मोबाइल नम्बर आठ शन्य शून्य पांच एक नौ दो आठ तीन पांच पर भी संपर्क किया जा सकता है महराजगंज कन्ट्रोल रूम का नम्बर है सात पांच एक आठ पांच दो छः सात सात दो महराजगंज के मुख्य चिकित्साधिकारी का मोबाइल नम्बर है आठ शून्य शून्य पांच एक नौ दो छः सात आठ क्शीनगर के मुख्य चिकित्साधिकारी के मोबाईल नम्बर आठ शून्य शून्य पांच एक नौ दो छ सात चार पर भी कोरोना संक्रमण से जुड़ी कोई भी जानकारी दी जा सकती है लखनऊ में आज चार और लोगों में कोरोना वायरस पाये जाने की पुष्टि हुयी है इसे लेकर अब तक इस बीमारी के नौ मरीज किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्ती कराये जा चुके हैं इनमें से आठ लखनऊ के और एक लखीमपुर खीरी का मरीज शामिल है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि इन्हें लेकर अब प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेईस हो गयी है इनमें से आठ आठ आगरा और लखनऊ के दो गाजियाबाद के चार नोएडा के तथा एक लखीमप्र खीरी का मरीज शामिल है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में रात साढ़े नौ बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

श्रोता स्टूडियों में मौजूद विशेषज्ञों से अपने प्रश्न टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर पृष्ठ सकते हैं यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के चारों दोषी पवन गुप्ता विनय शर्मा अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह को आज सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई इससे पहले दोषियों ने फांसी से बचने के लिए हरसंभव कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कल रात सजा पर रोक लगाने की दोषियों की अंतिम याचिका भी खारिज कर दी दिसंबर दो हजार बारह में पैरा मेडिकल छात्रा निर्मया के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने दृष्कर्म किया था इस मामले के दोषियों में से एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी और एक अन्य किशोर अभियक्त को तीन साल तक बाल सुघार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्मया मामले के दोषियों की फांसी पर कहा है कि अंतत न्याय हआ एक टवीट में उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उधर निर्मया के माता पिता ने कहा कि यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी निर्भया के पिता ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया